उन्होंने कहा है कि योजना के क्रियान्वयन के लिये केन्द्र से प्राप्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से भारत सरकार को प्रेषित किया जाय जिससे कि आगामी किश्त की धनराशि समय से प्राप्त हो सके उन्होंने योजना के सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिर्चित करने के निर्देश भी दिये हैं आज लखनऊ के लोकभवन में विभिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा करते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत धान खरीद की कार्यवाही तेजी से संचालित की जाय उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह धान क्रय केन्द्रो का औचक निरीक्षण करें जिससे कि इस कार्य में किसी तरह की धांघली की सम्मावना न रह जाय मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रवासी और निवासी श्रमिकों तथा कामगारों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने तथा सामाजिक सुरक्षा देने के लिये कृत संकल्प है श्रमिकों और कामगारों के सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रभावी व्यवस्था बनाने का निर्देश देते हये उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कार्यवाही का एक प्रस्तृतीकरण किया जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने श्रमिकों और कामगारों को आयुष्मान भारत योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का लाभ दिये जाने के निर्देश भी दिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड नाइन्टीन के सम्बन्ध में प्रदेश में अपनाई गयी बेहतर रणनीति का ही परिणाम है कि राज्य में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है उन्होंने कहा है कि अभी भी इस महामारी के प्रति हर स्तर पर सतर्कता बनाये रखना आवश्यक है इस सम्बन्ध में थोड़ी भी लापरवाही परेशानी का कारण बन सकती है मुख्यमंत्री आज लखनऊ के लोकभवन में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होने कहा कि वर्तमान में कोरोना टीकाकरण अभियान क प्रथम चरण प्रगति पर है इसके अन्तर्गत स्वास्थ्यकर्मियों को टीका की पहली डोज दी जा रही है मुख्यमंत्री ने टीकाकरण कार्य को भारत सरकार के गाइड लाइन के अनुरूप संचालित करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि आगामी तीन सप्ताह में समी स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण कार्य पूरा कर लिया जाय और टीका की दसरी डोज पन्द्रह फरवरी से दिया जाना शुरू किया जाय मुख्यमंत्री ने सर्विलांस सिस्टम और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को पूरी सक्रियता से जारी रखने के निर्देश दिये बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग मौजूद रहे केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष दो हजार इक्कीस के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई और राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा हालांकि इस वर्ष उम्मीदवारों के पास जेईई और नीट परीक्षाओं में सवालों के जवाब देने के लिए विकल्प होंगे जेईई मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम पिछले वर्ष की तरह ही होगा लेकिन छात्रों को नबे प्रश्नों में से पचहत्तर प्रश्नों के जवाब देने का विकल्प दिया जाएगा पिछले वर्ष दो हजार बीस में पचहत्तर प्रश्न पूछे गए थे सभी के उत्तर उम्मीदवारों को देने थे नीट दो हजार इक्कीस का स्वरूप अभी घोषित नहीं किया गया है हालाँकि देश भर के कुछ बोर्डो द्वारा पाठ्यक्रमों में कमी करने के मद्देनजर नीट दो हजार इक्कीस प्रश्न पत्र में जेईई मेन की तरह विकल्प भी होंगे केंद्र सरकार ने हर वर्ष तेईस जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयन्ती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि नेताजी के अत्तल्य योगदान और राष्ट्र के प्रति उनकी निःस्वार्थ सेवा की याद में ऐसा किया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक सौ पच्चीसवीं जयंन्ती पर तेईस जनवरी से इस पराक्रम दिवस को शुरू करने का निर्णय लिया गया है जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके योगदान को याद किया जा सके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खालसा पंथ के संस्थापक और सिक्खों के दसवें गुरू गुरूगोविंद सिंह की जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक श्मकामनाये दी है आज लखनऊ से जारी एक ब्याई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि ग्रूगोविंद सिंह ने समाज को सत्य न्याय धर्म और भलाई के लिये प्रेरित किया उन्होंने अन्याय और अत्याचार के विरूद्व आगे बढ़कर समाज का नेतत्व किया मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरूगोविंद सिंह ने उपेक्षित वर्ग के लोगों को समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित कर सामाजिक समरसता का वातावरण बनाने का उदाहरण प्रस्तुत किया मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग गुरू के बताये रास्ते पर चलकर देश और समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे केन्द्रीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत अगले कुछ दिनों तक शीत लहर की चपेट में रहेगा विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर के जेनामनी ने कहा कि बाईस जनवरी तक शीत लहर जारी रहेंगी इस बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्शीनगर देवरिया महराजगंज बस्ती सिद्वार्थनगर संतकबीरनगर सहित अन्य जिलों में आज सुबह कोहरा रहा दोपहर तक हल्की धूप निकलने से लोगों ने ठंड से राहत महसूस की मौसम विभाग का कहना है कि हवा की दिशा में बदलाव के कारण अगले दो दिनों में कोहरा और ठंड के बढ़ने की संभावना है